भारत ने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को ब्रिसबेन के गाबा मैदान में तीन विकेट से हराकर इतिहास रचा प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की उच्चतम न्यायालय दवारा तीन कृषि कानूनों बारे गठित समिति की पहली बैठक ने समिति के दो महीने के कामकाज़ के स्वरूप पर चर्चा की गई

दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

नियमों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण को आवेदन की गहन जांच करने के बाद अंतर देशीय परिवहन परमिट जारी करने का अधिकार दिया गया है यह परमिट जारी होने की तारीख लेकर एक साल के वैध होगा और वार्षिक आधार पर पांच वर्ष तक इसका नवीनीकरण कराया जा सकेगा राज्य परिवहन विभाग ने पास टिकटों यात्रियों की जांच जैसी औपचारिकताओं की जिम्मेमदारी होगी

केन्द्रीय बजट पहली फरवरी को पेश किया जायेगा भारत ने क्रिकेट मैं आस्ट्रेलिया को टेस्ट श्रंखला के चौथे और अंतिम मैच में ब्रिसबेन के गावा मैदान में तीन विकेट से हराकर इतिहास रचा है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है

एक टवीट में श्री मोदी ने टीम को बधाई देते हये कहा कि टीम ने पूरे मैच में अपने अदभ्त जोश और क्षमता का प्रदर्शन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रंखला और टेस्ट मैच जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है उन्होंने कहा कि हाल ही वर्षो में मिली जीत में से यह सबसे यादगारी जीत है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी टेस्ट मैच में धैर्य और दढ़ संकल्प का प्रदर्शन करने पर टीम की सराहना की है

मीडिया से बातचीत में श्री घनवत ने कहा कि समिति उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कृषि कानूनों के समर्थन और विरोध करने वाले किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत करेगी समिति इसके अलावा राज्य सरकारों के मंडी बोर्ड के प्रतिनिधियों किसान उत्पादक संघ और सहकारी संस्थाओं के साथ भी चर्चा करेगी उन्होंने कहा कि समिति शीघ्र ही किसान संघ व किसान संगठनों को कृषि कानूनों बारे अपना पक्ष रखने के लिए ब्लायेगी उन्होंने कहा कि जल्द ही एक पोर्टल भी अधिसूचित किया जा रहा है जिस पर कोई अकेला किसान भी अपने विचार दे सकेगा श्री घनवत ने कहा कि समिति सब की इस विषय पर राय जानने के लिए उत्स्क है ताकि देश के किसानों के हित में सिफारिशें दी जा सकें

आज पंचकूला ग्रूग्राम रेवाड़ी और रोहतक में एक एक कोविड मरीज की मत्यु भी हुई है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला में बन रहे नेता जी सुभाष चन्द्र बोस पार्क में काम की प्रगति का जायंज़ा लिया और सम्बधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये

पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा औश्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष क्मारी शैलजा द्वारा सरकार के अल्पमत में होने सम्बधी दिये गये बयान बारे पूछे एक प्रशन के उत्तर में उन्होंने कहा कि पूर्व म्ख्यमंत्री द्वारा सपने देखे जा रहे है किसान आंदोलन के सम्बध मे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मनसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे